लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया जारी यूपीए अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली से जबकि केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने अमेठी से कल भरा अपना नामांकन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अव्यक्ष ने कहा मिशन शक्ति स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने का उल्लेखनीय प्रयास आगरा में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मौत प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत आठ संसदीय क्षेत्रों में कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो गया आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन सभी सीटों पर शाम छह बजे तक औसत मतदान तिरसठ दशमलव छह नौ प्रतिशत रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन आठ सीटों पर वोट डाले गये उनमें सहारनपुर कैराना मुज़फ़्फ़रनगर बिजनौर मेरठ बाग़पत गाज़ियाबाद और गौतमबुद्ध नगर शामिल हैं और जानकारी हमारे लखनऊ संवाददाता से कुछ क्षेत्रों में ईवीएम मशीनों में आई तकनीकी खराबी जिसको निर्वाचन अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही ठीक करा दिया गया और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से भी किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं है इस चरण में दस महिलाओं सहित छियानवें उम्मीदवार मैदान में हैं

मतदान के लिये छह हजार पांच सी पचहत्तर मतदान केन्द्रों पर सोलह हजार छह सौ पैंतीस पोलिंग बूथ बनाये गये थे स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान के लिये एक लाख से अधिक पुलिस बल ग्राम चौकीदार पीआरडी जवानों सहित एक सौ सत्तावन कम्पनी केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बल और सैंतीस कम्पनी पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था लखनऊ से आकाशवाणी समाचार के लिये मैं मुल्तान सिंह यादव प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया का सिलसिला जारी है इसी क्रम में कल यूपीए अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली संसदीय सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया नामांकन दाखिल करने से पहले श्रीमती गांधी ने रोड शो किया और पूजा अर्चना भी की सोनिया गांधी रायबरेली संसदीय क्षेत्र से पांचवी बार अपना राजनैतिक भाग्य आज़मा रही है यहां भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ कर भाजपा का दामन थामा है

समाजवादी पार्टी बसपा और आरएलडी गठबंधन ने रायबरेली से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है और इसे कांग्रेस पार्टी के लिये छोड़ दिया है उधर भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कल अमेठी लोकसभा सीट के लिये भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है नामांकन दाखिल करने से पहले श्रीमती ईरानी ने पूजा अर्चना के साथ साथ रोड शो किया

श्रीमती ईरानी ने पिछला लोकसभा भी इसी संसदीय क्षेत्र से लड़ा था लेकिन वह हार गई थी इस सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं पांचवें चरण के चुनाव के लिये अयोध्या जिले की फैंज़ाबाद लोकसभा सीट से कल दो और उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये यहां अब तक चार नामांकन हो चुके हैं कल समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी आनन्द सेन यादव और आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेन्द्र दत्त त्रिपाठी ने अपना अपना नामांकन भरा विगत दस अप्रैल को कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री तथा लोक गठबंधन पार्टी की तरफ से विजय शंकर पाण्डेय नामांकन कर चुके हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान में भाग लेकर देश में लोकतंत्र के आधार को और मजबूत तथा मुखर बनाने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है अपने ट्वीट में श्री मोदी ने युवाओं और खासतौर से पहली बार मतदाता बने युवाओं से भारी संख्या में वोट देने का अनुरोध किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट संदेश में मतदाताओं से देश के भविष्य के लिए समझदारी से वोट देने को कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है रक्षा अनुसंघान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेडडी ने कहा है कि मिशन शक्ति स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को दर्शोने वाला अनुकरणीय प्रयास है नई दिल्ली में कल विवेकानंद इंटरनेशनल फांउडेशन में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की उपलक्षियों पर व्याख्यान देते हुए श्री रेडडी ने कहा कि देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में प्रगति के लिए निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि विश्व के कुछ ही देशों में बैलेस्टिक मिसाइल प्रणालियों के विकास का प्रयास किया जा रहा है भारत उनमें से एक है लोकसभा की शेष सीटों के लिए चुनाव प्रचार जारी है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले पांच वर्ष में असम में विकास के कई उपाय किये गए कमालपुर और सिल्वर में चुनाव रैलियों को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राज्य के लोगों को यह तय करना होगा कि उन्हें किस तरह के विकास की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों और नक्सलियों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए नागरिक संशोधन विधेयक पर भाजपा सरकार के रूख को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि पार्टी समाज के सभी पक्षों से बातचीत के बाद संसद में विधेयक लाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उनके हितों का ध्यान रखा जाए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दार्जिलिंग में एक जनसभा में कहा कि यदि एनडीए सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो वह देशभर में राष्ट्रीय नागरिकता कानून लागू करेगी उन्होंने कहा कि गोरखा उप जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया जायेगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल अमरोहा के बादशाहपुर में गठबंधन में बसपा प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि महागठबंधन ही भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा उन्होंने कहा कि यह महा मिलावट नहीं है बल्कि यह महा परिवर्तन की श्रुआत है उन्होंने शिक्षा मित्रों एवं प्रानी पेंशन बहाली के लिए भी सकारात्मक कदम उठाने की बात कहते हुए महागठबंधन का सहयोग करने की अपील की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज प्रयागराज में पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा आज ही अमरोहा आगरा डुमरियागंज और चन्दौली में जनसभाए करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पीलीभीत में जनसभा करेंगे वहीं कॉंग्रेस के पश्चिमी उत्तर के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिधिन्या हाथरस में रोड शो करेंगे च्नाव आयोग ने बहजन समाजवादी की अध्यक्ष सुश्री मायावती और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विगत सात और नौ अप्रैल को दिए गये उनके भाषणों के संदर्भ में नोटिस जारी किया है आयोग ने उनके भाषणों को आदर्श चुनाव आचार सहिता का उल्लघंन बताते हुए चौबीस घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है आगरा में कल हुए एक सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई है यह दुर्घटना कल सुबह फ़तेहाबाद इलाक़े में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उस समय हुई जब एक तेज़ रफ़्तार कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी जिसके नतीजे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोगों में छह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल दो लोगों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया दुर्घटना में मौत के शिकार हुये समी लोग जौनपुर जिले के रहने वाले थे प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर चल रहे नवरात्र मेला जोरों पर है आज मॉ भगवती के सप्तम स्वरूप माता कालरात्रि की उपासना की जा रही है मिर्जापुर जिले के विन्ध्याचल स्थित प्रसिद्व शक्तिपीठ माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है सहारनपुर जिले के शाकुम्भरीधाम मंदिर में माता के दर्शन हेतु श्रद्वालु लम्बी कतारों में लगे हैं सीतापुर जिले के नैमिषारण में माता ललिता देवी मंदिर वाराणसी के दुर्गाकुण्ड मंदिर और बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भारी संख्या में लोग दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं महराजगंज जिले के लेहड़ा देवी मंदिर और गोरखपुर के तरकुलहा देवी मंदिर में भी श्रद्वालु माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं